नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कोरोना वायरस से मुकाबले में लगे विभिन्न वर्ग के लोगों को तीन महीने के लिए पचास लाख रूपये का बीमा कराया जाएगा इनमें डॉक्टर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों विधवा और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जायेगा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

उन्होनें यह भी बताया कि जिस दर से इन मामलों में बंढोत्तरी हो रही है उससे वृद्धि दर में स्थिरता आने का संकेत मिलता है श्री अग्रवाल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने से र्देश में वायरस का प्रकोप काफी हद तक रोका जा सकता है

मंत्रालय ने तैंतालिस रोगियों के इलाज के बाद स्वयस्थ होने की भी पुष्टि की है वहीं तेरह रोगियों की मौत भी हुई है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास के बाद दिल्ली में फंसे झारखण्ड के लोगों के लिए भोजन का प्रबंध हो गया है मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसके लिए धन्यवाद कहा है श्री कर्जरीवाल ने जानकारी दी कि जिर्ले के अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है इससे पहले मुख्यमंत्री को एक वीडियो साझा कर बताया गया था कि झारखंड के कुछ लोग वहां मजदूरी करते हैं वे वहां लॉकडाउन की वजह से फस गए हैं और उनके समक्ष खाने की समस्या है मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने श्री अरविंद केजरीवाल से इन्हें मदद पहुंचाने का अनुरोध किया था

हर जरूरतमंदों को उचित मदद पहँचायी जाएगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि साहेबगंज में र्तलगाना के फंसे सभी छब्बीस बच्चे सुरक्षित हैं सरकार ने जिले के उपायुक्त और स्कूल प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री को बताया गया कि नवोदय विद्यालय चोपडंडी करीमनगर तेलंगाना के ये बच्चे साहेबगंज के नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास के लिए आये थे लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में तेलंगाना नहीं लौट सके मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने का आह्वान किया है उन्होंने आम लोगों से सरकार की मदद करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने ओर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से इसके लिए दान करें

खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव एवं सांसद धीरज प्रसाद साहू ने लोहरदगा परिसदन भवन में जिले के उपायुक्त आकांक्षा रंजन के साथ कोरोना वायरस से बचने के उपायों पर चर्चा की उपायुक्त ने बताया कि जिले में लॉकडाउन पूरी तरह सफल है और लोगों को घरों में रहने के सख्त निर्देष दिये गये हैं उन्होंने बताया कि एलपीजी गैस की होम डिलीवरी और खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति की व्यवस्था द्रुस्त है

कोरोना संकमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को इक्कीस दिनों के लिए लॉक डाउन करने की अपील की है इस दौरान बालमन का विकास भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है

कोरोना संकमण के खतरे को देखते हुए पलामू जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है प्रषासन की सख्ती के बाद मेदिनीनगर में लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं आपातकालीन सेवाएं जैसे दवा दुकान सब्जी और किराना दुकानें खुली हुई हैं और लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खरीदारी कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां के निजी क्लीनिक में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिला चिकित्सक डॉ अभय कुमार ने बताया कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है बस सरकार के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है सरायकेला पुलिस ने जिले की सभी सीमाओं को सील कर हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है सरायकेला एसडीपीओ राकेश रंजन जमशेदपुर सरायकेला की सीमा पर स्थित खरकई नदी पुल पर निगरानी कर रहे हैं एसडीपीओ ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में लोगों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा

निगम द्वारा विभिन्न वार्डों और सार्वजनिक स्थलों पर फागिंग और स्प्रे के माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है सार्वजनिक दरवाजों से लेकर विभिन्न द्वकानों के आसपास के क्षेत्रों में फागिंग किया जा रहा है सिमडेगा जिले के अनुमंडल पदाधिकारी कुंवर सिंह पाहन ने आज शहर की विधि व्यवस्था तथा लोगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सिमडेगा में कोरोना संक्रमण को दूर रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है अनुमंडल पदाधिकारी ने कई दुकानों का निरीक्षण किया और ग्राहकों को उचित दूरी बनाकर खरीदारी करने का निर्देश दिया

उन्होंने थोक विक्रेताओं से कालाबाजारी नहीं करने की हिदायत भी दी राषन आदि की होम डिलीवरी की व्यवस्था जिला प्रशासन के स्तर से की जा रही है धनबाद जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने आज ट्रैफिक पुलिस के बीच मास्क छाता और सेनेटाइजर वितरण ॅकिया इस दौरान एसएसपी ने जवानों को सेनेटाइज होने का भी तरीका बताया

गोड़डा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस को लेकर लोग पूरी तरह जागरूक हैं जिले के मेहरमा प्रखंड की सुचनी पंचायत के आदिवासी टोला गांव के संथाल आदिवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर गहराई से अमल कर रहे हैं यहां के आदिवासी समाज ने बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी है यहां के लोगों का कहना है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति अपनी पूरी जांच कराकर ही आए इस समय बहत से प्रवासी मजदूर गांव लौट रहे हैं पंचायत के मुखिया ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की बात को अच्छी तरह समझते हैं उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है गांव में वही व्यक्ति प्रवेश करे जिन्होंने अपनी स्वाास्थ्य जांच करा ली है गांव वालों ने हस्तलिखित पोस्टर से गांव की सीमा पर लिखा दिया है कि जांच कराकर सुरक्षित हो कोरोना वायरस को हल्के में ना लें श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रत्यश्र लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए भवन निर्माण कामगारों के खातों में धन भेजने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेषों को परामर्ष जारी किया है कामगारों को यह धन उपकर कोष से जारी किया जायेगा भवन और अन्य निर्माण कार्य उपकार अधिनियम के तहत श्रम कल्याण बोर्ड यह उपकर एकत्र करते है